झारखंड में राशन कार्ड धारकों को मई और जून महीने का राशन एक साथ मिलेगा कार्ड न होने पर भी जरूरतमंदों को दी जाएगी मदद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

राज्य कोविड रोकथाम उपायों के तहत जारी राशि का पचास प्रतिशत इस्तेमाल कर सकते हैं इनमें अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन और भंडारण संयंत्र लगाना वेंटिलेटर एंबुलेंस सेवा मजबूत करना कोविड अस्पताल तैयार करना थर्मल स्कैनर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जांच प्रयोगशाला और जांच किट की खरीद शामिल है वित्त मंत्रालय ने इस कोष की पहली किस्त निर्धारित समय से पहले जारी की है सामान्यं तौर पर यह राशि जून के महीने में दी जाती है लेकिन सामान्य प्रक्रिया में छूट देते हुए राज्य आपदा कार्रवाई कोष से अग्रिम राशि ही नहीं जारी की गई है बल्कि उपयोग प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा किये बिना ही इसे जारी कर दिया गया है देश में विश्व का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान सुचारू रूप से जारी है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

राज्य के स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने आषा व्यक्त की है कि राज्य में दस मई से वैक्सीन की डोज मिलते ही टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा वहीं सभी जिलों में इसकी व्यापक तैयारी पूरी कर ली गई है झारखंड में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर संतावन हजार सात सौ सोलह पहुंच गई है राज्यभर में पिछले चौबीस घंटों में पांच हजार नौ सौ इकसठ नये कोरोना संक्रमित मिले हैं जब्की चार हजार दो लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है वहीं कल एक सौ बीस संक्रमितों की कोरोना से मौत हो गई

कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार तथा खूंटी जिला प्रशासन पूरी तरह सजग है खुंटी के उपायुक्त ने जिलावासियों से अपील की कि वे घर में रहे और सुरक्षित रहे

रेमडेसिविर के उपयोग के बारे में डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि यह दवाई डॉक्टर की सलाह पर अस्पताल में ही दी जानी चाहिए

झारखंड में राशन कार्ड धारकों को मई और जुन का राशन एक साथ मिलेगा राशनकार्ड न होने पर भी जरूरतमंदों की मदद की जाएगी

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और राज्य के वित्त और खाद्य आपूर्ति मंत्री डारामेश्वर उरांव ने यह जानकारी रांची स्थित पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी उन्होंने कहा कि पिछली बार लॉकडाउन में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने राशन कार्ड धारकों के अलावा अन्य जरूरतमंद परिवारों को भी राशन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया था वह इस बारे में अभी प्रभारी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से बात करेंगे उनसे मांग की जाएगी कि सभी गरीबों के लिए राशन उपलब्ध कराया जाए

झारखंड सरकार अन्य गरीबों को भी अनाज उपलब्ध कराएगी मधुपुर उप चुनाव के लिए कल होने वाली मतगणना में कोविड नियमों का पालन किया जाएगा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्रीमती नैंसी सहाय ने बताया कि मतगणना सुबह आठ बजे से शुरू होगी जो चौबीस राउंड तक चलेगी मतगणना इक्कीस टेबलों पर होगी उन्होंने बताया कि मतगणना के पहले और बाद में केन्द्र को सैनिटाइज किया जाएगा

ट्राइफेड ने रायजामा वनधन विकास केंद्र के तहत खरसांवा हल्दी पाउडर उत्पाद की लांचिंग की है इस हल्दी की उपज मुंडा जनजाति समुदाय द्वारा पिछले साठ वर्षो से बिना किसी उर्वरक के परंपरागत रूप से की जाती है अब इसकी बिक्री खरसांवा हल्दी पाउडर के नाम से ट्राइब्स इंडिया करेगी ट्राइफेड ने जनजातीय परिवारों की टिकाऊ आजीविका संबंधी एक परियोजना पर जनहित में कार्यरत संस्था द लिंक फंड के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं

आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस है श्रमिकों के योगदान के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए यह दिवस विश्वभर में मनाया जाता है इसे मई दिवस भी कहते हैं यह दिन आर्थिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त करने में श्रमिकों के बलिदान के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक गाई राइडर ने श्रमिकों नियोक्ताओं सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सबके लिए न्याय और गरिमापूर्ण कार्य संस्कृति सुनिश्चित करने का आह्वान किया है सरकार ने सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान करने वाले कलाकारों के लिए विख्यात फिल्म निर्माता एवं निर्देशक सत्यजीत रे के नाम पर सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार की स्थापना की है यह पुरस्कार इसी वर्ष से भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में दिया जाएगा पुरस्कार में रजत मयूर पदक और स्क्रॉल के साथ दस लाख रुपये नकद प्रमाणपत्र और शॉल भेंट की जाएगी सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने देश विदेश में सत्यजीत रे के साल भर के शताब्दी समारोह के आयोजन की घोषणा की है फिल्म समारोह निदेशालय फिल्म प्रभाग राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार और सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान सहित सुचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मीडिया इकाइयां शताब्दी समारोहों के हिस्से के रूप में कई कार्यक्रमों की योजना बना रही हैं विदेश मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालय और विभाग भी इस आयोजन में भाग लेंगे

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट में कहा कि गुरुतेग बहादुर ने मानवता को दमन से बचाने की लड़ाई में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया इस विशेष अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि वे श्री ग्रुर तेग बहादुर जी को नमन करते हैं जिनके साहस और निचले वर्ग की सेवा करने के प्रयासों का दुनियाभर में सम्मान है